छबडा और कालीसिंध तापीय विद्युत पावर प्लांट को निजी क्षेत्रों को नहीं दिया जायेगा राज्य सरकार ही करेगी इनका संचालन दस आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले एनएचएम के मिशन निदेशक समित शर्मा को लगाया गया श्रम विभाग में आयुक्त

कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता नये भारत के सपने को पूरा करने के लिए आशान्वित है इसीलिए सभी को मिलकर नई पीढी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्र निर्माण में जुटने की जरूरत है

इससे पहले कल राज्यसभा में भाजपा के किरोड़ी लाल मीना ने राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्रों से जुडा मुद्दा उठाया और सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया

कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और मानसून है जिसके बारे में असमंजस की स्थिति है

सर्वेक्षण में लोगों को उपलब्ध पानी उनके रहन सहन की स्थिति आसपास साफ सफाई की सुविधा शौचालय सुलभता कूड़े कचरे का निस्तारण जलमल की निकासी जैसे बिंद्रओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी सर्वेक्षण केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय की ओर से संचालित किया जाएगा

बैठक में सदन की कार्यवाही नियमों के साथ शांतिपूर्णक तरीके के साथ चलाने संबंधी विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई इस बैठक में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत अन्य दलों के विधायक मौजूद रहे बैठक के बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के समय का सदुपयोग करने पर विर्शेष जोर दिया दूसरी ओर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड ने कहा कि बैठक में जिन मुद्दो पर चर्चा हुई है यदि उस पर अमल किया जाता है तो राज्य विधानसभा की कार्यवाही और अच्छे ढंग से चलाई जा सकेगी

कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि ग्रामीण और पंचायतीराज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया जाएगा इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा इन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई है

मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में शहीद कमांडेंट जितेन्द्र सिंह तथा शहीद नायब सूबेदार आराम सिंह गुर्जर और नक्सलियों के विरूद्व कार्रवाई में शहीद होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को भी मंजूर किया है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें

इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ समित शर्मा को श्रम विभाग में आयुक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया है गौरतलब है कि हाल ही में स्वास्थ्य मिशन में भर्तियों से संबंधित मामले में समित शर्मा का नाम चर्चा में था इधर कल देर रात जारी की गई इस सूची में भवानी सिंह देथा को स्वायत्त शासन विभाग का सचिव विकास सीतारामजी भाले को उदयपुर का संभागीय आयुक्त मुग्धा सिन्हा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव सिद्दार्थ महाजन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सचिव पद पर लगाया गया है

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कल जयपुर में इनका अनावरण किया यह दोनों सुविधाएं प्रायोगिक तौर पर झुंझुनूं जिले में लागू की गई है

एक विवाहिता ने अपनी पांच बेटियों सहित टांके में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली

यह कार्यक्रम राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों विविध भारती स्टेशन और एफएम केन्द्रों से सुना जा सकेगा